आम बजट से जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का पता लगाने के प्रयास के तहत ये कदम उठाया गया है

ये सुझाव माई गव डॉट इन पर भेजे जा सकते हैं इससे पहले वित्त मंत्रालय ने भी दो हजार बीस इक्कीस के आम बजट के लिए कृषि शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में लोगों से बहमूल्य सुझाव देने का आग्रह किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वांस्थ्य शिक्षा बैंकिंग बुनियादी ढांचा ऊर्जा ग्रामीण विकास कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ साथ अग्रणी अर्थशास्त्रियों और उद्योग निकायों से भी बजट पूर्व चर्चा कर चुकी हैं केंद्रीय बजट पहली फरवरी को प्रस्त्रत किए जाने की संभावना है

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में लोकमवन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई ओटीएस योजना दो हजार बीस के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन कर रहे थे मुख्यमंत्री ने विमागीय अधिकारियों को ओटीएस योजना तीन महीने के लिए शुरू करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि पहले तीन माह के दौरान डिफाल्टरों से आवेदन लिए जाएं अगले तीन माह में उनका निस्तारण किया जाए और इसके बाद कार्यवाही सुनिश्चित की जाए उन्होंने अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी रखी जाए मुख्यमंत्री ने आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों के डिफॉल्टरों पर कार्रवाई न करने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए बैठक में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार प्रमुख सचिव वित्त संजीव मित्तल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे गोरखपुर में आगामी ग्यारह जनवरी से आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां तेज हो गयी हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में तीन दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में बॉलीवुड कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने आज आयक्त सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया जाएगा महोत्सव में बॉलीवुड के जाने माने गायक सोन् निगम अल्का याग्निक अनुराधा पौडवाल प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना जयंती माला मिश्रा नेहा बैनर्जी और हास्य कलाकार राज श्रीवास्तव भाग लेंगे स्थानीय सांसद रविकिशन ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि वह गोरखपर महोत्सव में पहली बार कविता पाठ करेंगे

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज दिन भर रूक रूक कर हो रही व ाँ के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोम के कारण कल भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सामान्य से तेज व र्म हो सकती है गोरखपुर अयोध्या सिद्धार्थनगर बलरामपुर आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से रूक रूक कर ब्रदाबांदी हो रही है

बरेली में आज दिन में ओलावर्रिट हुयी लखनऊ कानपुर भदोही हमीरपुर में भी आज दिन भर रूक रूक कर बारिश होती रही मौसम में आये इस बदलाव के कारण प्रदेश में ठंड एक बार फिर बढ़ गयी है जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है राज्य के कई जनपदों में विद्यालयों में आगामी ग्यारह जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है महोबा के जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने आज स्वास्थ्य विमाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की

जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्साधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए श्री तिवारी ने कहा कि आगामी उन्नीस जनवरी को जनपद में वृहद पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द तैयारियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है